हिमाचल निर्माता व प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि प्रदेश सचिवालय में बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार मिलने पर मुख्यमंत्री का बयान सभी पहलुओं पर विचार के बाद लिया जाएगा निर्णय

सड़क सुरक्षा प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से आज से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है अभियान के तहत आज शिमला में मैराथन रैली का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरूआत एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और इस अभियान पर आधारित फेसबुक पेज का शुभारम्भ किया उन्होंने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों को लागू करने में सहयोग की भी अपील की इससे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सड़क सुरक्षा अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने पर बल दिया उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात नियम व कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी के सेरी मंच से अभियान की शुरूआत की उन्होंने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गम्भीर है लेकिन लोगों द्वारा नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है कृल्लू में उपायुक्त ऋचा वर्मा और धर्मशाला में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने जागरूकता रैली को रवाना किया और प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई हमीरपुर में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम ने स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सभी के सक्रिय योगदान पर बल दिया प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रूषोत्तम गुलेरिया ने सोलन में अभियान के शुभारम्भ पर लोगों से ज़िले को सड़क सुरक्षा के मामले में आदर्श बनाने की अपील की अभियान के तहत बिलासपुर ज़िले में आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा परमार जयंती हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी जयंती पर आज श्रद्वासुमन अर्पित किए गए शिमला में हए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश के समग्र व संतुलित विकास के लिए सरकार डॉक्टर परमार द्वारा तैयार रोडमैप का अनुसरण कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार किसानों और समाज के कमजोर वर्गो के विकास और कल्याण की सोच रखते थे इसके अलावा उन्होंने सभी क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि आज के दिन के महत्व को देखते हुए सरकार भविष्य में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों व महाविद्यालयों में परमार जयंती समारोह मनाएगी ताकि विद्यार्थी डॉक्टर परमार के जीवन से प्रेरणा ले सकें इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर डॉ परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे

डॉक्टर परमार के गृह क्षेत्र सिरमौर ज़िले के बागथन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए कांग्रेस मुख्यालय शिमला में भी परमार जयंती मनाई गई पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक सुखविन्दर सुक्खू ने हिमाचल के अस्तित्व व स्वरूप को डॉक्टर परमार की देन बताया इस मौके पर नाहन में पौधरोपण जबकि सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया सोलन में सिरमौर कल्याण मंच ने एक गोष्ठी का भी आयोजन किया मंच के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने परमार जयंती पंचायत स्तर तक मनाए जाने का आग्रह किया भेंट सांसद राम स्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर भेंट की इस दौरान प्रदेश में विकास की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के बरोटी में आज जनसमस्याएं सुनीं

प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गम्भीर है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ न हो

जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने भर्ती व पदोन्नति नियमों में कुछ संशोधन किए जिसके चलते सचिवालय में बाहरी राज्यों के कुछ लोगों को रोज़गार मिला है उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है और सभी पहलुओं पर विचार के बाद इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा

उन्होंने बताया कि रेनबो ट्राउट के सफलतापूर्वक प्रजनन के बाद अब कुल्लू के अलावा शिमला मण्डी कांगड़ा किन्नौर चम्बा और सिरमौर जिलों में भी निजी क्षेत्र में ट्राउट इकाईयां स्थापित की गई हैं

पर्यटन उत्सव कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने रोहतांग सुरंग के दिसम्बर माह तक बनकर तैयार होने की संभावना जताई है लाहौल स्पीति के जिस्पा में पर्यटन उत्सव के समापन पर उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढांचे को विकसित करना ज़रूरी है मारकण्डा ने पर्यटन उत्सव के सफल आयोजन पर आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति को बचाने में कारगर साबित होते हैं कृषि मंत्री ने काज़ा में करोड़ों रूपए की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास भी किए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रावी नदी में हाथ से बनी मिंजर विसर्जन कर मेले का विधिवत् समापन किया उन्होंने लोगों को मिंजर मेले की बधाई दी और कहा कि ऐसे उत्सव हमारी संस्कृति को मजबूत करने में सहायक होते हैं उन्होंने कहा कि चम्बा के लोग आज के आध्निकता के दौर में भी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उत्सव में बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं

इससे पूर्व जयराम ठाक्र ने चम्बा शहर में करोड़ों रूपए की योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए इनमें पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन सहित जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण योजना का लोकार्पण और राजकीय महाविद्यालय के पीजी ब्लॉक का शिलान्यास शामिल है न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने लोगों को समय पर प्रभावी कानूनी सहायता देने पर बल दिया है सुंदरनगर में विधिक सेवा प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं धर्मचंद चौधरी ने समाज के सभी वर्गों से समाज को नशामुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान भी किया सर्टिफिकेट राज्य सरकार ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए हैं राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया व अन्य दिव्यांगता वाले लोग स्वावलम्बन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं श्रावण अष्टमी बिलासपुर के प्रसिद्ध श्री नैनादेवी शक्तिपीठ में इन दिनों श्रावण अष्टमी मेलों की ध्रम है रोज़ाना बड़ी संख्या में हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के श्रद्वालु दर्शनों के लिए श्री नैना देवी पहुंच रहे हैं कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान ने आज सभी मेला सैक्टरों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने कहा कि मेले को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना से कार्य कर रहे हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय है और रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में दोपहर बाद से मूसलाधार वर्षा हो रही है इससे तापमान में भी गिरावट आई है हालांकि राज्य के अन्य भागों में मौसम दिनभर खुश्क बना रहा और कहीं से भी वर्षा का समाचार नहीं है